मुख्यमंत्री आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि इससे विपक्ष की हताशा और निराशा झलकती है जयराम ठाकुर ने इस मौके पर अपने विरोधियों पर परोक्ष हमला भी बोला और कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि वही सब कुछ कर सकते हैं

मुख्यमंत्री ने पंडित सुखराम पर भी निशाना साधा और कहा कि वह दावा करते थे कि सरकार उनकी वजह से बनी है लेकिन पंडित सुखराम मंडी सदर में भी अपने पोते के लिए बढ़त नहीं दिला पाए

यही नहीं कांग्रेस के चारों उम्मीदवार भी अपनी जमानत बचाने में जैसे तैसे सफल हुए

इसके विपरीत भाजपा के सभी चारों उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड मतों से अपने अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज की

रवि ठाकुर लाहौल स्पिति के पूर्व विधायक रवि ठाक्र ने भाजपा की अप्रत्याशित जीत को ईवीएम मशीनों के साथ कथित टैम्परिंग का नतीजा करार दिया है रवि ठाकुर ने आज केलंग में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और विपक्ष की सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया शपथ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आज उच्चतम न्यायालय के चार नये न्यायाधीशों को शपथ दिलाई इनमें न्यायमूर्ति बी आर गवई सुर्यकांत अनिरूद्व बोस और ए एस बोपन्ना शामिल हैं

इस मौके पर शीर्ष न्यायालय के कई अन्य वर्तमान न्यायाधीश भी मौजूद रहे

इसी के साथ इस हादसे में मशीन और ऑपरेटर को ढूंढने के लिए चल रहा सर्च अभियान आज समाप्त हो गया लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि पोस्टर्माटम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को राहत मैनुअल के अुनसार राहत राशि दी जाएगी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिले ऐतिहासिक जनादेश का स्वागत किया है महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व संयोजक विनोद कुमार ने शिमला में एक बयान में कहा कि देश व प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी सुशासन पर मोहर लगाकर पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है मौसम प्रदेशवासियों को फिलहाल मौसम के बिगड़े तेवरों का कुछ और दिन सामना करना पड़ेगा